राष्ट्रपति संदेश राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि विपरीत प्राकृतिक परिस्थितियों अनेक चुनौतियों और कोरोना महामारी की आपदा के बावजूद किसानों ने कृषि उत्पादन में कोई कमी आने नहीं दी है देश किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि किसान देश की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में सफल रहे हैं इसी तरह सेना के बहादुर जवान भी विपरीत परिस्थितियों में देश की सुरक्षा करते रहे हैं श्री कोविंद आज गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे राष्ट्रपति ने कहा कि खाद्य सुरक्षा सैन्य सुरक्षा आपदाओं और बीमारी से सुरक्षा तथा विकास के विभिन्न क्षेत्रों में हमारे वैज्ञानिकों ने अपने योगदान से राष्ट्रीय प्रयासों को शक्ति दी है दिन रात परिश्रम कर कोरोना वायरस को डी कोड करके और बहुत कम समय में ही वैक्सीन को विकसित करके हमारे वैज्ञानिकों ने पूरी मानवता के कल्याण के लिए एक नया इतिहास रचा है उन्होंने कहा कि देश में इस महामारी पर काबू पाने में तथा विकसित देशों की तुलना में मृत्युदर को सीमित रख पाने में भी हमारे वैज्ञानिकों ने डॉक्टरों प्रशासन और अन्य लोगों के साथ मिलकर अमूल्य योगदान दिया है

इसकी तैयारियां राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में कर ली गई हैं राज्यपाल अनुसुईया उइके रायपुर के पुलिस परेड मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में सुबह नौ बजे ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगी इस मौके पर राज्यपाल जनता के नाम अपना संदेश देने के साथ ही राज्य के पच्चीस कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करेंगी वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर में ध्वजारोहण करेंगे जबकि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जांजगीर चांपा में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे वहीं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू महासमुंद में तथा पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव बलौदाबाजार भाटापारा में ध्वजारोहण करेंगे इसके अलावा राज्य शासन के अन्य मंत्री अलग अलग जिला मुख्यालयों में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राज्यपाल अनुसुईया उइके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं पदक घोषणा केन्द्र सरकार ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर विशिष्ट सेवा सराहनीय सेवा और वीरता पदक के लिए छत्तीसगढ़ से उन्नीस पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के नामों की घोषणा की है इनमें विशिष्ट सेवा के लिए एक सराहनीय सेवा के लिए दस और वीरता पदक के लिए आठ पुलिस अधिकारी तथा कर्मचारी शामिल हैं विशिष्ट सेवा पुलिस पदक के लिए भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी प्रदीप ग्रप्ता के नाम का चयन किया गया है वहीं सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक सोहन लाल मनीषा सिंह वर्षा शर्मा कमलेश कुमार सोनबोईर पीडी अशोक कुमार तुलाराम बांघ अरूण बहादु्र केशव कुमार ध्र्व अश्वनी कुमार सिंह और रविन्द्र कुमार भूआर्य को दिया जाएगा इसी तरह वीरता पदक अजय सोनकर अब्दुल समीर रमन उसेंडी लीलाधर राठौर ओमप्रकाश सेन संतोष हेमला रमेश कुमार सोरी और टीपी दिलीप को प्रदान किया जाएगा पदम पुरस्कार भारत सरकार द्वारा अब से कुछ देर पहले पदम पुरस्कारों की घोषणा की गई है छत्तीसगढ़ से श्री राधेश्याम बारले को पदमश्री प्रस्कार के लिए चूना गया है उन्हें यह प्रस्कार कला के क्षेत्र में उनके द्वारा दिए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाएगा श्री बारले पंथी नर्तक है और वे द्र्ग जिले के रहने वाले हैं इस वर्ष केन्द्र सरकार ने सात लोगों को पद्म विभूषण दस लोगों को पद्म भूषण और एक सौ दो हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने वाले बच्चों की सराहना की क्योंकि उन्होंने ये पुरस्कार कोरोना महामारी के कठिन समय के दौरान प्राप्त किए हैं बाल पुरस्कार विजेताओं से बातचीत करते हए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये पुरस्कार केवल एक उदाहरण है कि छोटे छोटे विचारों के सही दिशा में काम करने से कैसे बड़े परिणाम आते हैं इस वर्ष बत्तीस किशोरों को नवाचार शिक्षा खेल कला और संस्कृति सामाजिक सेवा तथा बहादुरी के क्षेत्र में असाधारण योग्यता और उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल प्रस्कार के अंतर्गत बाल शक्ति प्रस्कार प्रदान किये गये बाल वैज्ञानिक चयन छत्तीसगढ़ विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस का वर्चअल आयोजन पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपूर में किया गया इस मौके पर राज्य शैक्षणिक समन्वयक राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस द्वारा राज्य स्तर पर चयनित बाल वैज्ञानिकों को नाम की घोषणा की गई चयनित बाल वैज्ञानिकों में गनिका कुंभकार अर्यान हरलालका सृष्टि सोनी संजना यादव श्रृति सोम मुस्कान पांडेय धर्मेश लीना यादव अनीश सूरी सर्वज्ञा सिंह सविता आयुष साहू आकांक्षा साहू विजय कुमार ध्रुव और निर्मला यादव के नाम शामिल हैं

उन्होंने देशवासियों से इस बहुमूल्य अधिकार का सम्मान करने का आहवान किया राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आमतौर से लोग उन उपलब्धियों का मूल्य नहीं समझते जो उन्हें आसानी से मिल जाती हैं वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस एक ऐसा अवसर है जब लोकतांत्रिक ताने बाने को सुदृढ़ बनाने और चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में निर्वाचन आयोग के योगदान की सराहना की जानी चाहिए एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि आज के दिन मतदाताओं का पंजीकरण विशेषकर युवा मतदाताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने की भी आवश्घ्यकता है

राजधानी रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि महाविद्यालय में आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़ लोक आयोग के प्रमुख लोकायुक्त न्यायमूर्ति टीपी शर्मा ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस का श्रभारंभ किया इस मौके पर न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि मतदाता अपने मत की कीमत को पहचार्ने और चरित्रवान उम्मीदवार का चुनाव करें उन्होंने मतदाताओं को अपने मताधिकार का शत प्रतिशत उपयोग करने और बिना किसी दबाव प्रलोभन में आए निर्भीक होकर मतदान करने को कहा न्यायमूर्ति शर्मा ने नये मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र ईपिक कार्ड वितरित किए उन्होंने मतदाताओं को शपथ दिलाई और निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों तथा कर्मचारियों को उत्कृष्ट कार्यो के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरित किए उधर बिलासपुर में संभाग आयुक्त डॉक्टर संजय अलंग ने अधिकारियों और कर्मचारियों को निष्पक्ष भयरहित और बिना लालच के मतदान कर लोकतंत्र को मजबूत बनाने की शपथ दिलाई

इस वेबीनार में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फील्ड अधिकारियों के अलावा नेहरू युवा केन्द्र तथा राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक लोक कलाकार और छात्र छात्राएं शामिल हुए मुख्यमंत्री बस्तर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने बस्तर प्रवास के दौरान आज बड़ेकिलेनार में एक सौ छप्पन करोड़ रूपये के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मेडिकल कॉलेज जगदलपुर में निर्मित ऑडिटोरियम और ट्रामा सेंटर का लोकार्पण किया इसके अलावा श्री बघेल ने बस्तर विकासखंड के कुकानार में मिनी स्टेडियम किलेपाल में नये हाईस्कूल भवन का निर्माण तामड़ाध्मर और मेन्द्रीघूमर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक करोड़ रूपये की स्वीकृति दी

संक्षिप्त समाचार केन्द्र सरकार ने मीडिया की उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि रिजर्व बैंक ने इस वर्ष मार्च के बाद पांच दस और सौ रुपये के नोटों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है आज राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं गणतंत्र दिवस समारोह में कल प्रदेश के उनचास शासकीय और नौ निजी अस्पतालों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा राजनांदगांव जिले के तीन शासकीय अस्पतालों को भी प्रशस्त्रि पत्र दिया जाएगा गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर रायपुर जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राधाकष्ण गुप्ता और सूरज प्रसाद सक्सेना को उनके निवास पर जाकर शॉल और श्रीफल से सम्मानित किया गया